आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने कहा कि कोरोना महमारी के दौरान नागरिकों को अतिरिक्त स्विधाएं उपलब्ध कराई जायें

इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्रम्ख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत रक्षा सचिव डी आर डी ओ प्रमुख तथा शास्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ने भाग लिया बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी आवश्यकताओं को आपातकालीन स्थिति की तरह खरीदा जायेगा उन्होंने मैडीकल ऑक्सीजन को बढ़ाने के भी निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा सांसद राहल गांधी की अच्छी सेहत की कामना की है

देश में केवल दो महीनें की अवधि में ईलाज के लिए प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग चार गुण कर दी गई

चंडीगढ़ प्रशासन ने कल राम नवमी पर केन्द्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन रख्ने का फैसला किया है हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन दवारा रामनवमी के अवसर पर पंचकूला में लॉकडाउन किये जाने की अपील को खारिज कर दिया है हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि पंचकुला में लॉकडाउन नहीं रखा जायेगा चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा व पंजाब सरकार को पत्र लिखकर ब्धवार को रामनवमी के अवसर पर एक दिन का लॉकडाउन करने की सिफारिश की थी चंडीगढ़ प्रशासन का तर्क था कि रामनवमी पर अवकाश के चलते मोहाली व पंचक्ला के लोग चंडीगढ़ में आते है पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ की सिफारिश को स्वीकार करते हये मोहाली जिले में लॉकडाउन कर दिया लेकिन हरियाणा ने इस मांग को खारिज कर दिया है

आज चार सौ तैंतालिस मरीज़ों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई पंचकला स्थित श्री माता मनसा देवी तथा गुरूग्राम के श्री माता शीतला देवी मंदिर श्रदवालूओं के लिए रामनवमी पर खुले रहेंगे लेकिन हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार के धार्मिक स्थलों जारी हिदायतों की पालना अनिवार्य होगी के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दवारा जारी नए परिपत्र में यह आदेश दिए गये हैं इन मंदिरों को बंद करने के पहले दिए गए आदेश को वापिस लिया जा रहा है आकाशवाणी से बातचीत में श्री माता मनसा देवी मंदिर के सचिव शारदा प्रजापति ने बताया कि मंदिर में माथा टेकने का जो प्रोटोकाल पहले से निर्धारित है उसी के तहत रामनवमी के दिन भी माथा टेकने की इजाजत होगी हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉर्परिशन लिमिटेड एचपीजीसीएल ने निरंतर बाधा रहित संचालन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व एचपीजीसीएल के अध्यक्ष पीके दास ने इस बारे में जानकारी देते हए बताया कि एचपीजीसीएल के इंजीनियरों की क्षमता का निर्माण करने का एक अहम निर्णय लिया गया था ताकि यूनिट का निर्बाध संचालन किया जा सके

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े उन्होंने बताया कि लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी डिप्लोमा स्नातकोतर पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम दवारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है

हरियाणा में आज दूर्गा आष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई गई कोविड नियमो का पालन करते लोगों ने मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना की अंबाला शहर के प्राचीन अम्बिका देवी मंदिर में श्रद्धाल्ओं ने माथा टेका मंदिरों में दो गज की दूरी के साथ मास्क हे जरूरी नियम का पालन किया गया अष्टमी के अवसर पर फरीदाबाद जिले में भी आज मां गौरी की पूजा कर कन्यादान किया गया के तिगांव विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और जेजेपी नेता उमेश भाटी ने घर पर अष्टमी पूजन का आयोजन किया उन्होंने विधिवत रूप से कन्याओं को मास्क पहनाया और हाथों को सेनिटाइज़र और मास्क भी बांटे गये केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने अपनी धर्मपत्नी के साथ आज माता मनसा देवी देवी मंदिर में दर्शन किये और मंदिर परिसर में दर्शन किये और मंदिर परिसर में आयोजित पूजन एवं यज्ञ में भाग लिया श्री कटारिया ने महाअष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनायें दी और उनके लिए सुख समृद्धि और यश की कामना की यमुनानगर जिले में प्राचीन श्री देवी भवन मंदिर जगाधरी मां जंगलावाली मंदिर यमुनानगर प्राचीन श्री मंत्रा देवी मंदिर श्री आदीबद्री प्राचीन श्री गोरी शकर मंदिर जगाधरी प्राचीन योग माया मंदिर शेरांवाली मंदिर छछरौली संतोषी मां मंदिर जगाधरी में कोरोना के चलते बह्त कम श्रद्धालु पहूंचे

हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वीणा सिह ने लोगों संयम रखने कोविड से न घबराने और कोविड प्रोटोकोल का पालन करने की अपील की है